श्री मोदी आज स्वामी चिद्गवानंदजी की श्रीमद्गगवतगीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हए स्वदेशी टीका विकसित किया उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके द्निया भर में जा रहे हैं

इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है पौराणिक कथाओं के अन्सार माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हआ इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था शिवालयों में स्बह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई हालांकि कोरोना को लेकर तमाम बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं लेकिन आस्था और श्रद्वा के चलते बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है रात ढाई बजे से ही बाबा के मंदिर के पट ख्ल गए थे इसके बाद प्जारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का दिव्य श्रंगार किया महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरि महराज ने बाबा महाकाल की भस्मारती की प्जारियों ने तड़के बाबा का पंचामृत अभिषेक किया

महाशिवरात्रि पर्व पर मंदसौर स्थित पश्पतिनाथ मंदिर में भी भक्त स्बह से ही भगवान श्री पश्पतिनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं शिवना नदी के घाटों से लेकर गर्भगृह तक आकर्षक सजावट की गई है राजधानी भोपाल के पास रायसेन जिले के प्राचीन भोजप्र शिव मंदिर में भोजप्र उत्सव का आयोजन किया जा रहा है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बड़वाले महादेव मंदिर पहंचकर सपत्नीक पूजा अर्चना की यहां उन्होंने शिव रथ को भी खींचा आगरमालवा में श्री बैजनाथ महादेव मंदिर को फूलों से आकर्षक सजाया गया है यहां प्रशासन व पुलिस का अमला व्यवस्था में मुस्तैदी से जुटा हुआ है होशंगाबाद में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धाल् भगवान शिव की आराधना और पूजन अर्चन कर अभिषेक कर रहे हैं सतना शहडोलबड़वानीधारजबलपुरटीकमगढ़ जिलों में भी शिवरात्रि पर्व पर श्रद्धाल्ओं द्वारा विशेष पूजा की जा रही है मौसम अब खबर मौसम की लगातार पश्चिमी विक्षोभ से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में आज स्बह से ही बादल छाए हुए हैं

वर्तमान में दिन के तापमान अभी इसी तरह बने रहने की संभावना है हालांकि बादलों के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी यानी गर्मी बढ़ेगी